प्रदेश में आज चौदहवें दिन भी वनकर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी

परिणाम स्वरूप रिवर्स रेपो दर अब छह प्रतिशत हो गयी है रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई साधारणतः सरकारी प्रतिभृतियों के विरुद्ध बैंकों को कर्ज देता है जबकि रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर आर बी आई बैंकों से उधार लेता है इससे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर छह दशमलव पांच शुन्य प्रतिशत हो गयी है

इससे पहले बैंक ने या तो दरों में कमी की थी या उसे बरकरार रखा था राहल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी ने मंदसौर जिले के पिपलियामंडी में किसान गोलीकांड की बरसी पर आयोजित सभा को संबोधित करते कहा कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर दस दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा केंद्र की नरेंद्र मोदी तथा राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार की नीतियों की आलोचना करते हए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में आने पर राज्य का नक्शा बदल देगी श्री गांधी ने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले में फड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगायी जाएगी इससे यह लाभ होगा कि किसान अपनी फसल या उत्पाद इस तरह की इंडस्ट्री में ले जाएंगे और इससे किसानों को और अधिक आर्थिक लाभ मिल सकेगा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मध्यप्रदेश में श्री कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया किसान समेत सभी के हित में कार्य करेंगे कांग्रेस पार्टी जो वादा करेगी वो पूरा करेगी इस अवसर पर श्री कमलनाथ श्री सिंधिया के अलावा वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा सुरेश पचौरी दिग्विजय सिंह अरुण यादव कांतिलाल भूरिया और अन्य नेता भी मौजूद थे भाजपा पलटवार उधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राज्य की जनता से मजाक करने से पहले श्री गांधी पंजाब और कर्नाटक में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की जानकारी दें गौरतलब है कि श्री गांधी ने आज अपने संबोधन में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज दस दिन में माफ करने और प्रदेश के हर जिले में खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने की घोषणा की है

मध्यप्रदेश किशोरों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में देश में आदर्श राज्य के रूप में उभरा है यहाँ स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से बहत कम समय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम को सफलता मिली है इस संबंध में उड़ीसा छत्तीसगढ़ दिल्ली जैसे राज्य मध्यप्रदेश का अध्ययन दौरा कर चुके हैं

वन वृत्त बैतूल के विभिन्न वन मंडलों और उत्पादन शाखा सहित दफ्तरों में कार्य करने वाले कर्मचारियों ने धरनास्थल पर मुंडन कराया वन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष फिरोज खान ने बताया कि हड़ताली कर्मचारियो द्वारा शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन किया जा रहा है वहीं गुना जिले में आज चौदहवें दिन भी हड़ताल जारी रही

उधर दमोह जिले में भी वनकर्मियों ने आज रैली निकाली पवैया उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने आज कहा कि राज्य में पन्द्रह जुलाई से शुरू होकर एक माह तक चलने वाले पौधरोपण अभियान के दौरान लंबी आय वाले पौधों के रोपण पर प्राथमिकता दी जाना चाहिए श्री पवैया भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय परिसर में सड़कों के देखरेख और नवीनीकरण कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने वट वृक्ष का पौधा रोपा श्री पवैया ने कहा कि पोधरोपण के बाद उनकी देखरेख और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए विश्वविद्यालय परिसर में आगामी अभियान के समय वट वृक्ष और पीपल सहित लम्बी आय वाले पौधे रोपने की योजना बनाई जाये श्री पवैया ने वट वृक्ष पीपल और तुलसी के पौधों का महत्व भी समझाया विद्युत अवार्ड मध्य पॉवर फायनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के तीन अभियंताओं को उत्कृष्ट कार्य के लिये अवार्ड दिया गया है इसके तहत भोपाल शहर में कार्यरत अमित कुमार को सकल घरेलू एवं वाणिज्यिक हानिया कम करने की केटेगरी में पुरस्कार मिला है ग्वालियर शहर के आर एस भदौरिया को ऊर्जा बचत एवं रितेश वशिष्ठ को फायनेंशियल सेविंग्स केर्टेगरी में पुरस्कार मिला है ऊर्जा मंत्री पारस जैन ने तीनों अभियंताओं को बधाई दी है

जिले में लगातार भीषण गर्मी के बाद इन दिनों मानसून पूर्व की गतिविधियां शुरू हुयी है इसके तहत अनेक स्थानों पर हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो रही है मौसम पिछले चौबीस घण्टों के दौरान प्रदेश के इंदौर रीवा जबलपुर होशंगाबाद और ग्वालियर संभागों के जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा दर्ज की गई है वहीं शेष संभागों के जिलों में मौसम शुष्क रहा श्योपुरकला और सागर संभाग में लू का प्रभाव रहा साथ ही टीकमगढ़ और शाजापुर में रात का तापमान सबसे अधिक रहा प्रदेश का आज का सर्वाधिक तापमान पैतालीस डिग्री सेल्सियस खजुराहो श्योपुरकला और दमोह में दर्ज किया गया मौसम केंद्र भोपाल ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान रीवा जबलप्र इंदौर धार उर्ज्जेन देवास ग्वालियर चंबल होशंगाबाद सागर छतरपुर पन्ना अलीराजपुर झाबुआ रायसेन और राजगढ़ जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है हमारे डिण्डौरी संवाददाता ने बताया है कि दोपहर बाद तेज बारिश होने से जिले में तापमान में गिरावट दर्ज की गई वहीं शाजापुर जिले में भीषण गर्मी पड़ने से आम जनजीवन प्रभावित रहा संक्षिप्त समाचार बैतूल जिले में गुमशुदा नाबालिगों का सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है